कहा एडीए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार गरीबी और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में उठाये गये हैं प्रभावी कदम

प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता जगह जगह चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के सभी नागरिकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य क तहत बग़ैर किसी भेदभाव के लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है श्री मोदी ने भाजपा को जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार गरीबी और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये ह और विवरण हमारे संवाददाता से चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में श्री मोदी को सुनने के लिए डटे रहे

श्री मोदी के अलावा आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के हापुड़ अलीगढ़ मैनपुरी नगीना आंवलाबदायू आगरा फतेहपुर सीकरी प्रयागराज फूलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में मतदाताओं को लुभाया वहीं रालोद के अजित सिंह ने मथुरा में सभा की आकाशवाणी समाचार के लिए अलीगढ़ से मैं मुल्तान सिंह यादव उधर मुरादाबाद में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो किसान सौभाग्य योजना में पांच एकड़ भूमि की कोई सीमा नहीं होगी किसानों के उत्थान के लिए सरकार न सिर्फ अन्य संबंधित योजनाओं को विस्तार देगी बल्कि किसानों को पेंशन भी मुहैया करायेगी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पुनः सत्ता में आते ही व्यापारियों और लघु उद्यमियों की समस्याओं के समाधान क लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन करेगी श्री मोदी ने कहा कि लघु उद्यमियों को पांच लाख रूपये तक का कर्ज बगैर गारन्टी के मुहैया कराया जायेगा सपा बसपा गठबंधन पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों दलों ने देश के विकास के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है इन दोनों दलों न जेल जाने के डर से चूनावी तालमेल किया है और जानकारी हमारे संवाददाता से अपने भाषण में विपक्षी दलों सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही नरेन्द्र मोदी ने स्थानीय मुद्दों जैसे गन्ना किसानों के बकाया व्यापारियों की समस्याओं और रुहेलखंड के उद्योगों पीतल जरी और हस्तकला की बिगड़ी हालत की भी चर्चा की रैली में फिल्म स्टार जया प्रदा के साथ ही तीनों सीटों के भाजपा प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे ये रैली पार्टी के लिए काफी अहम थी क्योंकि रुहेलखंड की मुराबादाबाद रामपुर और संभल सीटों पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है और यहां तीसरे चरण में मतदान होना है

पार्टी ने इस बार मुरादाबाद से निवर्तमान सांसद कुंवर सर्वेश को प्रत्याशी बनाया है जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और युवा शायर इमरान प्रतापगढ़ी और श्रहर के पूर्व मेयर और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी एसटी हसन से है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार मुरादाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हापुड़ के सिंभावली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को सम्बोधित किया केन्द्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का जितना विकास पिछले पांच वर्षो में भाजपा की सरकारों ने किया है वह पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकीं अपने सम्बोधन में गठबंधन और काग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री योगी ने दावा किया कि दूसरे चरण में होने वाले आठों सीटों के चुनाव में भाजपा विजय पताका लहरायेगी कांग्रेस ने चुनावों के दौरान विपक्षी नेताओं पर आयकर छापों के औचित्य पर सवाल उठाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा न आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल और उम्मीदवारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है उसे इस खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए श्री शर्मा ने रफाल विमान सौदे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ विमान सौदे पर उनकी बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान देश में कारोबार करना आसान हुआ है

सोशल मीडिया मंचों से विश्व में रह रहे भारतीय समूदाय से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी लेकिन आज यह छठी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है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

बहुजन समाज पार्टी ने सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से चन्द्रभद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है जबकि प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी अम्बेडकरनगर से रितेश पाण्डेय श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा डुमरियागंज से आफताब आलम बस्ती से रामप्रसाद चौधरी संतकबीरनगर से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे

पार्टी ने गोण्डा सीट के लिए अपना दल कृष्णा पटेल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल को टिकट दिया है जबकि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए भाजपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव को भदोही से प्रत्याशी घोषित किया है

इस अवसर पर देशभर में कई समारोह हो रहे हैं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सुबह नई दिल्ली में संसद भवन में डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संदेश में राष्ट्रपति श्री कोविंद न कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे उन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे प्रदेश में अनेक स्थानों पर आम्बेडकर जयंती के सिलसिले में संगोष्ठियों शोभा यात्राओं सहित कई कार्यकम आयोजित किये गये लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उन्हे श्रद्धांजलि दी राज्यपाल श्री नाईक ने कहा कि वंचित वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए देश के संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किये श्री नाईक ने कहा कि लोकतंत्र को मज़बूत करने के उद्देश्य से सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार हासिल है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें यह डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब द्वारा किये गये प्रयास हमारे लिए प्रेरणा का माध्यम है उन्होंने कहा कि भेदभावरहित और समरसता आधारित समाज का निर्माण ही डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी इस मौक पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर आम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर के मानवतावादी आन्दोलन के लक्ष्य को संविधान प्रदत्त मताधिकार के उपयोग से मंजिल तक पहुंचाने का लोगों से आहवान किया आम्बेडकर जयंती क सिलसिले में जौनपुर अमरोहा मेरठ बदायूँ बहराइच सहित अनेक स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं द्वारा शोभा यात्राएं निकाली गयीं तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया